प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पूजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है बाइट अब भारत में कोल और माइनिंग के सेक्टर में कॉम्पिटिशन के लिए कैपिटल के लिए पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नये प्लेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए हैं उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो उसका भी ध्यान रखा गया है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि यह विडम्बना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चाथा और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है और यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से बाहर है तथा पारदर्शिता भी एक बड़ी समस्या रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत और इस जनजातीय क्षेत्र को विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है प्रर्वी भारत और मध्य भारत की एक बड़ी आबादी को उसके घर के पास ही बेहतर रोजगार के अवसर देने में कर्मिशियल माइनिंस की तरफ हम जो कदम उठा रहे हैं वे एक इच्छित परिणाम लायेंगे और जब मैं इच्छित परिणाम की बात करता हूं मुझे इन क्षेत्रों का विकास करना है उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है वहां के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है हर गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है

श्री मोदी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेश से गरीबों और जनजातीय लोगों का जीवन सुगम बनाने में बड़ी भूमिका होगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलाइंट होने का सबक भी दिया है आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर अपनी निर्मरता कम करेगा आत्मनिर्मर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इम्पोर्ट न करना पड़े इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा आगे बढ़ेगा

भारत के साथ साथ आयरलैंड मैक्सिको और नॉर्वे भी कल रात सुरक्षा परिषद का चुना जीते हैं

संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला और वह इस बहुराष्ट्रीय संगठन में सुधार और उसे नयी दिशा देने में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा

सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस और अमरीका स्थायी सदस्य हैं जबकि दस अस्थायी सदस्य भी होते हैं लेकिन इनके पास वीटो का अधिकार नहीं होता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुनने में समर्थन देने के लिए विश्व समुदाय और सभी देशों का आभार व्यक्त किया है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर विश्व शांति सुरक्षा और समानता के लिए काम करता रहेगा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

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने चीन के साथ विवाद पर कहा कि हम शांति से रहना चाहते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमे आकर परेशान करें एक कार्यक्रम में भारतीय सैनिकों के बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ है बाइट चाइना ने जो किया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से देश का इरादा स्पष्ट किया है हम बहुत गंभीरता से इसको लेते है और हम शांति बनाये रखना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब कोई भी आए और छेड़े ये उसका असर नहीं हो सकता

ये बहुत दुखद है प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने के अन्त तक प्रदेश में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़कर डेढ़ लाख करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री आज लखनऊ लोकभवन मे एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतते हुए वहां लोगों को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता स्निश्चित कराने के निर्देश दिये ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो

मृत्यु दर तीन दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है